मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश के किसानों को यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कमी नहीं आने दी जायेगी

कपिल गर्ग राज्य के नये पुलिस महानिदेशक बन गये है आज उन्होंने जय्पर में पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाला इससे पहले उन्होंने मुख्यालय में परेड का निरीक्षण कर सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की पदभार संभालने के बाद श्री गर्ग ने कहा कि राजस्थान पुलिस को नई उचाईयों पर ले जाने के लिये प्रयास किये जायेंगे उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा जिसके लिये उन्होंने नागरिकों से भी अपेक्षा की कि वे पुलिस को अपना पूरा सहयोग दे

इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने से लेकर जिला स्तर तक निगरानी और आपूर्ति द्रूस्त करने की पूख्ता व्यवस्था की जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने केन्द्र सरकार के उर्वरक सचिव से टेलीफोन पर बात की और राज्य के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का अनुरोध किया कृषि और सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार को भी केन्द्र सरकार के उर्वरक सचिव और अतिरिक्त सचिव से मुलाकात के लिए दिल्ली भेजा गया है श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कल कृषि तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक में यूरिया और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे

मुम्बई की अदालत ने आज ये फैसला देते हुए कहा कि इस मामले में सभी गवाह और प्रमाण संतोषजनक नहीं है और किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है

हडताल का प्रदेशभर में भी समर्थन किया जा रहा है जिससे बैंकों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना सुनिश्चित करें सभी बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराए जाए और विशेष अभियान के दिनों में भी सभी तरीको की व्यवस्था सुनिश्चित करें

इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए उत्साही माहौल बनाया जा सकता है

ये युद्वाभ्यास दो चरणों मे होता है पहला चरण दो महीने पहले रूस में संपन्न हआ

कई स्थानों पर तेज ठण्ड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है हालांकि कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हई है लेकिन सर्दी के तेवर तीखे बने हए है

मौसम विभाग के अनुसार आज माउंटआबू भी माईनस एक डिग्री सैल्सियस के साथ तेज ठण्ड की चपेट में है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश के किसानों को यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कमी नहीं आने दी जायेगी